यह देश का पांचवां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है स्वच्छता महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय निष्पादन करने वाले राज्यों और शहरों को पुरस्कार दिये जाएंगे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों स्वेच्छाग्रहियों और सफाईकर्मियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत भी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मानसून के मौसम में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है उन्होंने कहा कि यह ऊष्ण कटिबंधीय और विषाणु जनित बीमारियों का मौसम है इसलिए अधिक ऐहतियात बरतने की आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि सरकार भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान को नियंत्रत करने के लिए अखिल भारतीय संगठन आरंभ करने की रूपरेखा जारी की है

इसके अंतर्गत एटी एम पीओएस तथा आधार से जुड़ी भुगतान और प्रेषण सेवाओं को शामिल किया जाएगा इस संगठन को धोखाधड़ी और जालसाजी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की निगरानी भी करनी होगी ताकि इस प्रणाली और समूची अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर न पड़े रिजर्व बैंक ने इसके लिए कंपनियों से अगले साल फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किये हैं और कहा है कि इस तरह के संगठन के प्रमोटर देश में रहने वाले भारतीय नागरिक ही हो सकते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज टोंक क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे वहां उनका जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम है

आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर फोटोग्राफरों और उनके प्रशंसकों को बधाई दी इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह दिन जीवन के क्षणों और यादों को कैद करने की कला को समर्पित है राज्य में मानसून की बारिश का दौर जारी है

मौसम विभाग ने दौसा अलवर भरतपुर करौली धौलपुर और झुंझुनूं जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है